पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में छह सौ अठारह नए कोरोना संक्रमित मिले उपचार के बाद आठ सौ नौ लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी रांची जिले में होम क्वारेंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य में रहेगा सार्वजनिक अवकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया है कि आक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए श्री भूषण ने कहा है कि हमारा बुनियादी लक्ष्य महामारी की रोकथाम खास तौर पर नये इलाकों में इसके फैलाव को रोकना और हर कीमत पर लोगों की जान बचाना होना चाहिए राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ अठारह नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहीं छह संक्रमितों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है राहत की बात है कि इस दौरान उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके आठ सौ नौ लोगों को कोविड अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची से एक सौ साठ गिरिडीह से एक सौ नौ दुमका से उनसठ और पूर्वी सिंहभूम से छप्पन संक्रमित मिले हैं तो हजारीबाग से दो और पूर्वी सिंहभूम धनबाद रामगढ़ एवं पलामू से एक एक कोरोना मरीज की मौत की खबर है वहीं रांची से सबसे ज्यादा तीन सौ उनहतर एवं लातेहार से एक सौ बारह मरीज स्वस्थ हुए हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर सोलह हजार चार सौ बिरासी हो गई है इसमें आठ हजार आठ सौ चालीस सक्रिय मामले हैं जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सात हजार चार सौ इक्यानबे और मृतकों की संख्या एक सौ इक्कावन है वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर पैंतालीस दशमलव चार चार प्रतिशत और मौत की दर शून्य दशमलव नौ एक प्रतिशत है रांची जिले में होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में छत्तीस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगभग सौ लोगों को होम क्वारेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था लेकिन निरीक्षण के दौरान इनमें से छत्तीस लोग घर पर नहीं पाए गए ऐसे में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है

जमशेदप्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा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

राज्य के लगभग दस हजार अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मी आज से काम पर लौट गए हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर तीन दिनों से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली इससे पहले मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ वार्ता की थी गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से मौत पर पचास लाख रुपए का बीमा देने कोरोना महामारी में प्रोत्साहन राशि देने मातृत्व अवकाश और हर महीने महिला कर्मियों को दो दिनों का विशेष अवकाश देने समेत अन्य मांगों को लेकर पारा मेडिकल कर्मी हड़ताल पर चले गए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कल एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड आदिवासी बहल राज्य है इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में सरकार ने कई और कदम उठाए हैं गौरतलब है कि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में दो पायलट सहित सत्रह लोग मारे गए हैं और घायल यात्रियों को मल्लोपुरम और कोझिकोर्ड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है विमान में दो पायलट और चालक दल के पांच सदस्य सहित एक सौ इक्यानवे लोग सवार थे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमान कारीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से पैंतीस फृट नीचे गिर गया और ट्कड़ों में ट्रट गया माना जा रहा है कि भारी वर्षा द्र्घटना का एक कारण हो सकती है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों के दो दल कोझिकोड भेजे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान हादसे पर गहरी संवेदना जताते हुए केरल के मुख्यमंत्री से राहत कार्यों की भी जानकारी ली रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए श्भारंभ किया

आदित्य कुमार आनंद हजारीबाग और इकबाल आलम अंसारी सरायकेला खरसावां जिले के नए उपायुक्त बनाए गए हैं वहीं हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह को प्राथमिक शिक्षा निदेशक और सरायकेला खरसांवा के वर्तमान उपायुक्त ए दोड्डे गृह विभाग में अपर सचिव नियुक्त किए गए हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयक्त कमल जॉन लकड़ा को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उधर विशेष शाखा के पुलिस उप महानिरीक्षक और मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात सुदर्शन प्रसाद मंडल को द्मका का पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा नरेंद्र सिंह होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं के पुलिस उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं

स्वस्छ भारत मिशन के तहत पंद्रह अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत सभी पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

प्रभात खबर ने निरीक्षण पर निकले सीएम नई योजनाएं बताई दिए कई निर्देश शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है इसमें सचिवालय के सभी कार्यालयों को एक ही कैंपस में लाने के मुख्यमंत्री के निर्देश और विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने को लेकर राजभवन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सम्मन भेजे जाने की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है

अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दिन में रिकॉर्ड साठ हजार से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटव मामले आने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खबर भी पहले पर प्रकाशित किया है